मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें विधानसभा कार्यवाही राज्य विधानसभा की कार्यवाही आज विपक्ष के शोर शराबे के बीच कल तक के लिये स्थगित कर दी गई इस बीच सदन के शीतकालीन सत्र को कल तक के लिये बढ़ा दिया गया है

इसके अलावा कल पटल पर रखे गये चारों विधेयक आज पारित हो गए इससे पूर्व सदन में प्रश्न काल के दौरान विधायक प्रीतम सिंह के प्रश्न का उत्तर देते हुए वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के दो शहरों काशीप्र और ऋषिकेष का एयर एक्शन प्लान केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली दवारा अन्मोदित कर दिया गया है और देहरादून का एयर एक्शन प्लान भी अनुमोदन के लिये प्रेषित किया गया है कांग्रेस ने अपराहन में श्रष्टाचार का मुददा उठाया और बहिर्गमन किया जिस पर मंत्री मदन कौशिक का कहना था कि विपक्ष बिना तथ्यों के मुददे उठा रहा है

कृषि कानूनों को लेकर उपजी भांतियों को दूर करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का हाल ही में जारी पत्र दर्शाता है कि मोदी सरकार किसानों के प्रति कितनी समर्पित और संवेदनशील है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार ख्शहाल किसान ख्शहाल प्रदेश के सूत्रवाक्य को आत्मसात करके निरन्तर किसान हित में काम कर रही है म्ख्यमंत्री ने किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी भावपूर्ण स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की अल्मोड़ा में किसान दिवस पर कृषि विभाग की ओर से हवालबाग विकासखण्ड के कृषि विज्ञान केंद्र मटेला में विभिन्न विकास खंडों से आये काश्तकारों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई एसओपी केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया एस ओ पी जारी की है

सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया रूप अब तक भारत में नहीं देखा गया है इसे लेकर देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य मामलों संबंधी नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने बताया कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रूप बदलने के कारण संक्रमण बढ़ गया है

जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं

इसके अलावा बिना स्थाई बार लाइसेंस के चल रहे रेस्टोरेंटों को इस बार एक दिवसीय बार लाइसेंस नहीं जारी होंगे

एसएसपी तृप्ति भट्ट ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत ही आयोजनों को अन्मति दी जाएगी टिहरी में पत्रकार वार्ता में एसएसपी ने कहा कि धनौल्टी शिवप्री सहित प्रमुख पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त प्लिस बल की व्यवस्था की जाएगी सर्दी के मौसम में इन पार्टियों के दौरान अक्सर वाहन फिसलनें की घटनाएं होती हैं जिसको लेकर प्लिस अलर्ट पर है एसएसपी तृप्ति भट्ट ने तीन दिन पहले ही कार्यभार संभाला है पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि नशे पर लगाम और महिला अपराधों को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है

वेबनेस सेंटर अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील के राजकीय चिकित्सालय कुंवाली में पहला आय्र्वेदिक वैलनेस सेंटर खोला गया है इस सेंटर में जांच योग और ध्यान शिविर आयोजित किये जायेंगे सेंटर में हेल्थ कार्ड भी बनाए जाएंगे

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रो में वेलनेस सेंटर खोले जाने से क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा दुन डोन अध्ययन देहरादन शहर में ड्रोन के माध्यम से रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे बसे शहरी क्षेत्र का बाढ़ के लिए और माइक्रो क्लाइमेट पर अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है इस अध्ययन में पहली बार राज्य के किसी शहरी क्षेत्र के अंतर्गत उच्च क्षमता के ड्रोन द्वारा हाई रेसोल्यूशन इमेज बनाई जाएगी इस दौरान उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां तेज बारिश होने पर ब्लॉकेज होने और नदी के आसपास के इलाकों के जलमग्न होने की भी संभावना रहती है

उन्होंने बताया कि एक साल के अंदर यह अध्ययन किया जाना है महिला सुरक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजूलबेन देसाई ने आज प्रदेश के प्लिस महानिदेशक अशोक क्मार से मुलाकात कर महिला सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा की इस दौरान महिला स्रक्षा के लिए उत्तराखंड प्लिस की ओर से की जा रही पहल महिला हेल्पलाइन महिला काउंसलिंग सेल महिला हेल्पडेस्क महिला चीता महिला सिटी पैट्रोल यूनिट और ऐच्छिक बयूरो की जानकारी दी गई इसके साथ ही उन्हें महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए म्ख्यालय स्तर पर जारी व्हाट्सएप प्लेटफार्म की भी विस्तृत जानकारी दी गई राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने भी पुलिस से अपने सुझावों का आदान प्रदान किया

इस संस्थान का मुख्य उददेश्य राज्य के गरीब प्रतिभावान बच्चों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए निश्ल्क प्रशिक्षण दिया जाना है